विशेषज्ञों ने लोगों से आग्रह किया कि वे निःसंकोच लगवाये टीका कोविड नाइन्टीन महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज होंगे लागू

प्रदेश में पंचायत चुनाव के घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की सरगर्मिया हो गयी हैं तेज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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

आज से पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के समी लोगों को टीका लगाया जाएगा बैठक में कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया गया राज्यों से कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीके की बर्बादी एक प्रतिशत से भी कम रखी जाए और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाए इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि वैक्सीन का इस्तेमाल शीघ्र कर लिया जाए ताकि इसकी समयावधि समाप्त होने से पहले ही यह इस्तेमाल में आ जाए बैठक में कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें प्रदेश सरकार ने आज से पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के लोगों के टीकाकरण की विस्तत व्यवस्था की है राज्य सरकार जल्द ही टीकाकरण के लिए भी एक कैलेंडर बनाएगी प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि केंद्रित कोविड परीक्षण के पैटर्न पर राज्य सरकार केंद्रित टीकाकरण के लिए भी एक कैलेंडर तैयार कर रही है एक सप्ताह के भीतर सरकार समाज के विभिन्न वर्गो जैसे दुकानदार रिक्शा चालक ड्राइवर वकील मीडियाकर्मियों और अन्य समूहों को टीकाकरण अमियान के लिए आने के लिए आमंत्रित करेगी राज्य में लगभग छप्पन लाख लाभार्थियों ने कोविड टीका लगाया है सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें क्योंकि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार दो सौ तीस नए कोविड रोगियों के साथ अब नौ हजार आठ सौ अड़तालीस कुल सक्रिय रोगी हैं सबसे ज्यादा तीन हजार एक सौ अड़तीस कोविड मरीज राज्य की राजधानी लखनऊ में हैं जबकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी दूसरे स्थान पर है जहाँ वर्तमान में पांच सौ पचास सक्रिय रोगियों का इलाज हो रहा है

इन दिशानिर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है महामारी की रोकथाम में मिली सफलताए सक्रिय मामलों की संख्या में पिछले पांच महीनों से आ रही लगातार गिरावट से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड सम्बंधी एहतियातों का पालन करें और समी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अमियान तेज किया जाए

फेस मास्क पहनना हाथों की सफाई सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र उपयुक्त जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं

लोगों और सामान के अंतर राज्य और राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही होटल और रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट पार्क और योग केंद्र और जिम प्रदर्शनियां सभाएं और जनसभाएं जैसी सभी गतिविधियों के लिए अनुमति हैं प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य शुरू हो रहा है इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की समी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है लखनऊ में गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये संकल्पित है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये अधिक समय का इंतजार न करना पड़े उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों के बैठने और उनके लिये पेय जल की उचित व्यवस्था की जाये

उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल आईजीआरएस तथा मुख्यमंत्री हेल्य लाइन एक शून्य सात छ के माध्यम से जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि लोक शिकायतों के निस्तारण का मुख्य आधार शिकायतकर्ता की संतुष्टि होना चाहिये इसके लिये शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से फीड बैक प्राप्त किया जाये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना के तहत दस हजार नौ सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा सरकार ने ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जो प्रोत्साहनों के जरिए अपनी विनिर्माण क्षमता और उत्पादकता में सुधार करने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पिछले एक वर्ष में काफी लोकप्रिय हुई है प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है वहीं निर्वाचन आयोग गांव की सरकार के चुनाव को शांति और निष्पक्ष रूप से कराने के लिये प्रतिबद्ध है पुलिस विमाग कानून और व्यवस्था का पालन कराने की दिशा में सक्रिय हो गया है और राज्य में दागदार और चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की आशंका वाले लोगों की तलाश कर उन्हें पाबंद कर रहा है बस्ती परिक्षेत्र में पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर बयालीस हजार से अधिक व्यक्तियों को चिन्हित कर पाबंद किया है जिनमें से बस्ती जनपद के अट्ठारह हजार सिद्वार्थनगर में सात हजार और संतकबीर नगर जनपद में सोलह हजार से अधिक लोग पाबंद किये गये हैं गौरतलब है कि प्रदेश में पन्द्रह अप्रैल से चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराये जायेंगे और मतगणना दो मई को होगी

आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उनके बच्चों की देखभाल के मद्देनजर दोनों में से किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा इस आशय का पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है